चुनाव प्रचार के लिये सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है राज्य में चुनाव प्रचार अपने चरम पर पहुंच गया है भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने जोधपुर जिले के फलौदी और बाड़मेर जिले के बालोतरा और बायतू में जनसभाओं को सम्बोधित किया फलौदी में हई सभा में श्री शाह ने कहा कि केन्द्र और राज्य में भारतीय जनतापार्टी के नेतृत्व वाली सरकारों ने समाज के हर वर्ग के लाभ के लिए काम किया है

दूसरी ओर कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी ने आज भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ में जनसभाओं को सम्बोधित किया और उदयपुर में बुद्विजीवियों के साथ बातचीत की श्री गांधी ने भीलवाड़ा में हुई सभा में कहा कि इस समय देश के सामने दो महत्वपूर्ण समस्याएं हैं युवा को रोजगार और किसानों का बेहतर भविष्य जिनके लिए सरकारों को काम करना होगा आज सुबह उदयपुर में ब्रुद्विजीवियों के साथ बातचीत में श्री गांधी ने कहा कि महिलाओं को मजबूत बनाने के लिए शिक्षण संस्थाओं में विशेष पाठ्यक्रम चलाए जाने चाहिए श्री गांधी ने आज हनुमानगढ में भी जनसभा को सम्बोधित किया उन्होंने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनने पर किसानों का कर्जा दस दिन में माफ कर दिया जाएगा पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट ने भी आज प्रदेशभर में जनसभाओं को सम्बोधित किया

उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आज कोटा में जनसभा को सम्बोधित किया

समापन समारोह में सप्ताह के दौरान उल्लेखनीय कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित किया गया सप्ताह के आखिरी दिन सरगम के नि से नवयुवकों की साइकिल रैली निकाली गई युवाओं ने निकलेंगे हम शान से वोट डालेंगे मान से संदेश से लोगों को जागरूक किया

बीकानेर और बाड़मेर में इस मौके पर मोटरसाईकिल रैली निकाली गई नागौर में युवाओं की मोटरसाइकिल रैली के साथ दिव्यांगों ने ट्राई साइकिल पर रैली निकाली जिले के नराधना गांव में स्कूली बच्चों ने जागरूकता रैली निकाली

श्री गुप्ता ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे निष्पक्ष और भयमुक्त वातावरण में चुनाव सम्पन्न कराएं महानिदेशक ओ पी गलहोत्रा ने अधिकारियों को उत्तरप्रदेश और हरियाणा से लगती राज्य की सीमाओं पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए उन्होंने दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों और चुनावों में गड़बड़ी फैलाने वाले आपराधिक किस्म के लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए

हिंडौली में चुनाव पर्यवेक्षक नरेन्द्र शंकर पांडे ने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए इस बीच नागौर के जिला निर्वाचन अधिकारी ने जिले में मतदान दलों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग नहीं लेने वाले कर्मचारियों के खिलाफ निलम्बन की कार्यवाही करने के आदेश दिए हैं

आज जयपुर में एक संवाददाता सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए श्री चिदम्बरम ने कहा कि इस विकास दर का कृषि पर भी विपरीत असर पड़ता है उन्होंने कहा कि यदि केन्द्र में कांग्रेस की सरकार आती है तो जीएसटी में अमूलचूल परिवर्तन किया जाएगा

ये दिन एच आई वी संकमण रोकने के लिए जागरूकता के वास्ते मनाया जाता है इस मौके पर नई दिल्ली में आयोजित समारोह में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि सरकार एचआईवी संकमण रोकने और इसकी चपेट में आ चुके लोगों के उपचार संबंधित कार्यक्रमों का शत प्रतिशत खर्च उठा रही है

इसके लिए दो करोड गर्भवती महिलाओं की एचआईवी जांच की जा चुकी है और यह कार्यक्रम अभी जारी है

विश्व एड्स दिवस के मौके पर प्रदेश में भी कई स्थानों पर जागरूकता कार्यक्रम हुए नागौर में रैली निकाली गई सवाईमाधोपुर में संगोष्ठी हुई

सूचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्द्धन राठौड़ ने इस अवसर पर लोगों से बढ़ चढ़कर दान देने और सशस्त्र बलों के शहीद जवानों के परिवारों का साथ देने का आग्रह किया